मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और मतदान के प्रति रूझान बढ़ा हा लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र पंचायत से संसद तक मजबूत हो इसके लिए पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत भी संवधानिक प्रावधान किये गये ताकि गांवों में चनी हई सरकार को संवधानिक अधिकार मिलें

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में वर्चअली प्रतिभाग किया

उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बग्रा शहरों का विकास नहीं हो सकता ह इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र सशक्तीकरण की ओर बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गांवों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा

निशंक देहरादन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि भारत विश्व का एकमात्र देश ह जिसने कोरोना काल में भी छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देशभर में दो हजार तीन सौ प्रयोगशालाएं खोली हैं जो चौबीसों घंटे काम कर रही हैं

उन्होंने लोगों से स्वरोजगार अपनाने का थ ग्रह किया

हरिदवार जिले में ड्राई रन चलाया गया

विभिन्न केंद्रों में बनाए गए प्रभारियों ने अपने अपने केंद्रों में हेल्थ वर्कर्स को प्रशिक्षित किया

इस पुर्वाभ्यास में स्वास्थ्य कर्मियों को तम्रात किया गया पूर्वाभ्यास जिले के राजकीय चिकित्सालयों सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और निजी चिकित्सालय में है

जिलाधिकारी ने कोविड वक्कसीन सेंटरों पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

म्ख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सविता हयांकी और सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह ने जायजा लिया पिथौरागढ़ जिले के सभी तहसीलों के साम्दायिक केंद्रों जिला चिकितसालय और महिला चिकितसालय में कोविड टीकाकरण का ड्राईरन किया गया रुद्रप्रयाग जिले में जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जिला चिकित्सालय और सीएचसी अगस्त्यम्नि में ड्राईरन का निरीक्षण किया उन्होंने वक्वसीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम को सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन के अनुसार ही टीकाकरण प्रक्रिया संपन्न करवाने के निर्देश दिए

इस दौरान कोल्डचेन की व्यवस्थाओं कोल्डचेन प्वाइंट से ब्रथ तक वक्कसीन पहंचाने टीकाकरण निगरानी कक्ष प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्थाओं को परखा गया कोविड वक्कसीनेशन प्र्वाभ्यास के लिए शासन की गाइड लाइन के अन्सार जिला प्रशासन ने जोनल मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षक और हेल्थ वर्कस की पर्याप्त संख्या में तक्वाती करते हए वक्कसीनेशन की प्री व्यवस्था की थी

उधमसिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज साम्दायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा और सितारगंज में कोरोना वक्क्सीनेशन को लेकर की गई तष्टारियों का जायजा लिया उन्होंने कहा ड्राईरन में मिली किसी भी कमी को सुधारा जाएगा